मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने कल राज्यपाल से मुलाकात करते हुए बजट सत्र प्रारंभ होने के पहले फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी राज्यपाल लालजी टंडन ने भी कल देर रात मुख्यमंत्री कमलनाथ को पत्र लिखते हुए सोमवार से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण के तत्काल बाद विश्वासमत हासिल करने को कहा है पत्र में कहा गया है कि जब तक बहुमत साबित करने की कार्यवाही पूरी नहीं होती है तब तक न तो सदन स्थगित की जाएगी और न ही निलंबित राज्यपाल ने पूरी कार्यवाही की वीडियोग्राफी भी कराये जाने के निर्देश दिये हैं

इसके बाद कांग्रेस ने अपने विधायकों के लिये भी व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा है

यह सभी विधायक और मंत्री कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक बताये जाते हैं

इन सभी विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच एक होटल में ठहराया गया है राजनीतिक उथलपुथल के बीच कांग्रेस के विधायकों को चार दिन पहले विशेष विमान से भोपाल से जयपुर भेजा गया था इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के साथ अपनी रणनीति में जुटे हुए हैं आज ही कैबिनेट की बैठक भी आयोजित की गई साथ ही मुख्यमंत्री कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक लेंगे वहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता दिल्ली में अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर के निवास पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच चर्चा हुई है जबकि कल से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के मनेसर में ठहरे विधायकों के आज देर रात भोपाल पहंचने की खबर है

कोरोना राज्य स्वास्थ्य सूचना शिक्षा संचार ब्यूरो की संचालक सपना लोवंशी ने बताया है कि प्रदेश भर में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिये जिला और विकास खंड स्तर पर शांति समितियों की बैठक करने के निर्देश दिये गये हैं शांति समिति की बैठकों में क्षेत्र के सभी व्यक्तियों और धर्मगुरूओं को आमंत्रित कर कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव आदि की विस्तृत जानकारी देने को भी कहा गया है उधर खंडवा में सिंधी समाज और लायंस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में एक रैली निकालकर लोगों को कोरोना वायरस के लक्षण और बचाव संबंधी जानकारी दी गई मंदसौर में भी कोरोना वायरस के संकमण से बचने के लिये जगह जगह पर हाथ धोने की व्यवस्था की गई है वहां जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग ने रेडकास के माध्यम से मॉस्क और सेनेटाइजर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं साथ ही वहां बंदी सुधार गृह में कैदियों का भी स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा रहा है

प्रदेश के हरदा ग्वालियर मुरैना सागर बैतूल और निवाड़ी सहित अन्य सभी जिलों में कोरोना वायरस को लेकर लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरुक किया जा रहा है